भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज घोसी चंदौली और मिर्जापुर में विजय संकल्प रैली को करेंगे संबोधित कॉग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज महराजगंज में करेगी एक चुनावी जनसभा सपा बसपा और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के नेता अखिलेश यादव मायावती और अजीत सिंह वाराणसी चन्दौली और मिर्जापुर में आज च्नावी सभा में मांगेगे गठबंधन के लिए वोट निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव परिणामों के पूर्वानुमान संबंधी सर्वेक्षण देने पर तीन मीडिया घरानों को जारी किया नोटिस लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण का प्रचार जोरों पर है इस चरण में सात राज्यों और एक केन्द्र शासित प्रदेश के उन्सठ निर्वाचन क्षेत्रों में रविवार को मतदान होगा विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता प्रचार में जुटे हैं वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के उत्तर चौबीस परगना जिले में एक सभा में कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी हिंसा की राजनीति कर रही हैं उन्होंने कहा कि ममता ने भाजपा से बदला लेने की बात कही थी और चौबीस घंटे के अंदर पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के रोड शो के दौरान हिंसक घटनाएं हुई कांग्रेस अव्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि फ्र्वानमंत्री ने बड़े उद्योगपतियों के अरबों रुपयों के कर्ज तो माफ कर दिए लेकिन किसानों के कर्ज नहीं माफ किए पंजाब के फरीदकोट में कल एक रैली में उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों में किसानों के ऋण माफ कर दिए गए हैं कल ही मऊ और देवरिया जिलों में सप बसपा रालोद गठबंधन की संयुक्त रैली आयोजित की गई रैली को संबोधित करते हुए इसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा की गलत नीतियों के कारण इस बार के चुनाव में यह दोनों दल सत्ता से बाहर हो जायेंगे उन्होंने अरोप लगाया कि भाजपा और कांग्रेस चुनाव जीतने के लिये हर हथकंडे अपना रहे हैं मायावती ने कहा कि बसपा और सपा का गठबंधन ट्टने वाला नहीं है जब तक केन्द्र और प्रदेश से भाजपा सरकार को हटा नहीं देगा तब तक यह मजबूती के साथ आगे बढ़ता रहेगा मायावती ने रैली के दौरान कांग्रेस भाजपा और अन्य विरोधी पार्टियों पर आरक्षण को लेकर भी सवाल उठाये मायावती ने कहा पूरे देश में दलितों आदिवासियों और पिछड़ों के लिये नौकरियों में आरक्षण का कोटा खाली है बसपा प्रमुख ने कहा कि गठबंधन की सरकार बनने पर हर गरीब को रूपये देने के बजाय उनके लिये स्थायी रोजगार की व्यवस्था की जायेगी रैली में गठबंघन के प्रत्याशी अतुल राय के समर्थन में प्रचार करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि जीएसटी और नोटबंदी से देश आर्थिक रूप से कमजोर हुआ है अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है रोजगार समाप्त हो गये है और किसान बेहाल है उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने पिछले लोकसभा चुनाव में किये गये बादों को आज तक पूरा नहीं किया है अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के लोग बुनियादी सवालों से बचकर जनता का ध्यान असली मुद्रों से भटका रहे हैं

उधर कांग्रेस महासचिव और पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रमारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने वाराणसी में रोड शो कर मतदाताओं से कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने की अपील की भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज घोसी चंदौली और मिर्जापुर में तीन विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में रोड शो करेंगे इसके अलावा श्री शाह महराजगंज सलेमपुर बलिया देवरिया में चुनावी सभा को सम्बोधित करेंगे कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कुशीनगर में और पार्टी नेता प्रियंका गांधी वाड्रा महराजगंज में चुनावी जनसभा को सम्बोधित करेंगी

वहीं भाजपा के अन्य नेता अमित शाह योगी आदित्यनाथ राज्यवर्धन सिंह रागौर कलराज मिश्र और केराव प्रसाद मौर्य गाजीपुर कुशीनगर देवरिया वाराणसी गोरखपुर और सलेमपुर सहित अन्य स्थानों पर प्रचार करेंगे

लोकसभा चुनाव के सातवें व अंतिम चरण में प्रदेश के पूर्वांचल जिलों की तेरह सीटों के लिये उन्नीस मई को वोट डाले जायेंगे इस चरण में विभिन्न राजनीतिक दलों के कई दिग्गज उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं

इस चरण में दो करोड़ से अधिक मतदाता एक सौ इकहत्तर प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे सातवें चरण की प्रतिष्ठित वराणसी सीट पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दोबारा चुनाव लड रहे है

उधर महाराजगंज सीट पर भाजपा प्रत्याशी पंकज चौधरी गठबंधन से अखिलेश सिंह और कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत चुनाव मैदान में है लोकसभा च्नाव के सातवें चरण की जिन तेरह सीटों पर मतदान होना है उनमें महराजगंज गोरखपुर कृशीनगर देवरिया बांसगांव घोसी सलेमपुर बलिया गाजीपुर चन्दौली वाराणसी मिर्जापुर और राबर्टसगंज संसदीय सीट शामिल है जिसमें बासगाव और राबर्टसगंज सीट अनुसूचित जाति के प्रत्याशी के लिये आरक्षित है सातवें चरण की तेरह सीटो पर मतदान के लिए तेरह हजार नौ सौ उन्यासी मतदान केन्द्र और पच्चीस हजार आठ सौ चौहत्तर मतदेय स्थल बनाये गये हैं निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव परिणामों का पूर्वान्मान संबंधी सर्वेक्षण देने पर तीन मीडिया घरानों को नोटिस जारी किया है आयोग ने आईएएनएस इंडिया प्राइयेट लिमिटेड इंकोनॉमिक टाइम्स और स्वराज मास मीडिया से स्पष्टीकरण मांगा है और पूछा है कि जनप्रतिनिधित्व कानून के प्राक्वान के उल्लंघन पर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए

दक्षिण परिचम मॉनसून इसके बाद उत्तर की तरफ बढ़ जायेगा मौसम विभाग ने बताया है कि अट्ठारह और उन्नीस मई के दौरान अंडमान सागर के दक्षिणी हिस्से निकोबार द्वीप और इससे लगी दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर दक्षिण पश्चिम मॉनसून के बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो रही हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा इस साल आठ जून से आठ सितम्बर तक होगी इस वर्ष लगभग तीन हजार लोगों ने ऑनलाइन पंजीकरण कराया है इनमें सात सौ चालिस महिलाएं हैं विदेश सचिव विजय गोखले ने कल कम्प्यूटर के जरिए यात्रा पर जाने वाले श्रद्दाल्ओं के नाम तय किए चुने गए यात्रियों को एस एम एस और ई मेल के जरिए जानकारी दी जा रही है आवेदन करने वाले लोग वेब साइट केएमवाई डॉट जीओवी डॉट इन पर पंजीकरण की स्थिति जान सकते हैं

इस बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांवी वाड्रा ने आज रायबरेली पहुंच कर जिला पंचायत सदस्यों से मुलाकात की और कहा कि जो भी हुआ वह बेहद गलत है भारत का कुल निर्यात अप्रैल माह में पिछले वर्ष के इसी माह की तुलना में एक दशमलव तीन चार प्रतिशत की वृद्वि के साथ करीब चौवालिस अरब अमरीकी डॉलर का रहा अनुमान है कि पिछले महीने क्ल आयात करीब तिरपन अरब डॉलर का रहा जो पिछले वर्ष के इसी माह की तुलना में साढ़े चार प्रतिशत है सत्रह विकासशील देशों ने सभी सदस्य देशों के हित में विकास और समावेशन को बढ़ावा देने के लिए विश्व व्यापार संगठन को मजबूत बनाने के सामूहिक प्रयासों की अपील की है नई दिल्ली में संगठन के विकासशील देशों की दो दिन की मंत्रिस्तरीय बैठक के बाद तेरह सूत्रीय घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किये गये